मीडिया की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है वे आज शिमला में एक दैनिक समाचार पत्र द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है और ये अधिकारियों को उचित प्रतिक्रिया देने के अलावा समाज के प्रहरी के रूप में भी कार्य करता है जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में मीडिया को अपनी अखण्डता को बरकरार रखना है नड़डा भाजपा के वरिष्ठ नेता जे पी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है नई दिल्ली में कल पार्टी मुख्यालय में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया जेपी नड्डा भाजपा सदस्यता अभियान और संगठन के चुनावों के संपन्न होने तक कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने जेपी नड्डा को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा देश व प्रदेश में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी नड्डा इस पद पर नियुक्त होने वाले प्रदेश के पहले नेता हैं शुभकामनाएं इधर जेपी नड्डा को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा में जश्न का माहौल है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ये प्रदेश के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है केलंग में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने मिठाईयां बांटकर खुशी का इजहार किया मारकंडा ने कहा कि नड्डा का युवा मोर्चा अध्यक्ष से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पद तक का सफर कामयाब रहा है और आगे भी उनके मार्गदर्शन में प्रदेश को लाभ मिलेगा कुल्लू में कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाकर जश्न मनाया ज़िला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने उम्मीद जताई कि नड्डा के नेतृत्व में भाजपा नई बुलंदियां छुएंगी भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में एक सर्वे के आधार पर शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ नए प्रयास किए गए हैं

भारद्वाज ने बताया कि सरकारी स्कूलों में योगा चैस संस्कृत और संगीत को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा

उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं को तय समय में पूरा करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए सैजल सोलन ज़िले के परवाणु में हरियाणा की सीमा से सटे खेड़ा सीतापुर नरयाल सम्पर्क मार्ग का सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने उदघाटन किया उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्ग दर्शन में राज्य सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है जवान शहीद ऊना जिले के जवान अनिल जसवाल बीती रात जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए

वे अपने पीछे पत्नी पांच माह का बेटा और माता पिता छोड़ गए हैं बंगाणा के एसडीएम संजीव कुमार ने बताया कि प्रशासन लगातार सेना मुख्यालय के सम्पर्क में है और शहीद का शव कल सुबह तक पहुंचने की उम्मीद है